मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कल हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में विधायक अभिषेक मटोरिया के पिता रामचन्द्र मटोरिया की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पेट्रोल डीजल पर चार प्रतिशत वैट कम करने की घोषणा की

इससे पेट्रोल डीजल के दामों में करीब ढाई रूपये प्रति लीटर की कमी हो गई है

श्रीमती राजे ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने से पड़ने वाले करीब दो हजार करोड़ के वित्तीय भार को राज्य सरकार वहन करेगी इधर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत ने राज्य सरकार द्वारा की गई इस घोषणा के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ी हई दरों को देखते हुए जो वैट कम किया है वह नाकाफी है उन्होंने कहा कि रसोई पर बढ़ते महंगाई के दबाव के मईनजर बिना किसी देरी के गैस सिलेण्डर पर भी राहत दी जानी चाहिए पैट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढोतरी के खिलाफ कांग्रेस और विभिन्न संगठनों की ओर से आज भारत बंद का आहवान किया गया है

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने बताया कि सभी जिला ब्लॉक और वार्ड स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता संगठनों ट्रेड यूनियनों समाजसेवी संस्थानों प्रबुद्ध नागरिकों और अन्य संस्थाओं के सहयोग से बंद को सफल बनायेंगे आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी को अजेय भारत अटल भाजपा का नया नारा दिया हैं श्री मोदी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत की पूरी उम्मीद जताई है कल नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र में श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और विपक्ष के महा गठबंधन के प्रयासों की कड़ी आलोचना की उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें नेतृत्व का अभाव है इसकी विचारधारा स्पष्ट नहीं हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से प्रतापगढ़ जिले के निवासी भी अपना जीवन सुरक्षित कर पा रहे है योजना के तहत प्रतिवर्ष बहुत ही कम राशि का प्रीमियम देकर जिले के परिवार योजना का व्यापक लाभ प्राप्त कर रहे है

जोधपुर संभाग के विश्वविद्यालयों और संघठक महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव के लिये मतदान आज सुबह आठ बजे से शुरू हो गया है

मतदान को देखते हए सभी केन्द्रों पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये विशेष प्रबंध किये गये है प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मतगणना कल एक साथ होगी

बारिश के कारण धौलपुर में चम्बल नदी खतरे के निशान से चार मीटर ऊपर बह रही है जिला प्रशासन आस पास के गांवों पर नजर रखे हुए है नदी के किनारे बसे गांवों में हाईअलर्ट जारी किया गया है करौली में कोटा बेराज से चम्बल में पानी छोडे जाने के कारण मंडरायल के पास बसे एक दर्जन गांव पानी से धिर गये है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिये गये हैं प्रतापगढ और पाली जिले में पिछले तीन दिन से रिमझिम बरसात जारी हैं विभिन्न जलाशयों में पानी की आवक बढ़ी है टोंक में हो रही लगातार बरसात के कारण बीसलपुर बांध का जलस्तर भी बढ़ा है